केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए दण्डनीय कानूनों में बड़े बदलावों का किया आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान तथा अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अविलम्ब राहत पहुंचाने के लिये जिलाधिकारियों को दिये निर्देश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर कानुपर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत हैं और सकल घरेलू उत्पाद की दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही से गति पकड़ेगी कल जारी सकल घरेलू उत्पाद के आकड़े पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए छह दशमलव एक और अगले वित्त वर्ष के लिए सात प्रतिशत की विकास दर की भविष्यवाणी की है आर्थिक मामलों के सचिव अतनू चक्रवर्ती ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी को इक्यावन प्रतिशत से कम करने का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और यह किसी भी देश में नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और निवेश तथा उपभोग के क्षेत्र में इसमें वृद्वि होने की पर्याप्त संभावना है देश की आर्थिक वृद्वि दर मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के दौरान कम होकर साढ़े चार प्रतिशत दर्ज हुई जो छह वर्ष से अधिक का न्यूनतम स्तर है कल जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर दो हजार उन्नीस की छह महीने की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था चार दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ी पिछले वर्ष की इसी छह महीने की अवधि में यह दर साढ़े सात प्रतिशत रही थी वित्त वर्ष दो हजार बारह तेरह में जनवरी से मार्च के दौरान यह दर मौजूदा दर से कम चार दशमलव तीन प्रतिशत दर्ज हुई थी पिछले वित्त वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस की इसी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान सकल घरेलू उत्पाद सात प्रतिशत की दर से बढ़ा था केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अपराधिक प्रक्रिया सहिंता और भारतीय दंड सहिंता के साथ शस्त्र कानून और नारकोटिक्स कानून में बड़ा बदलाव समय की अवश्यकता है उन्होंने कहा कि इन कानूनों को ब्रिटिश राज में भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाया गया था जिन्हें सरकार पूरी तरह बदलने जा रही है उन्होंने इस बदलाव के लिए सभी श्रेणियों के पुलिस कर्मियों से सुझाव मांगे हैं लखनऊ में कल सैंतालिसवें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए गृहमंत्री ने पुलिस जवानों की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि पुलिस बल के बारे में आम लोगों की धारणा में परिवर्तन होना चाहिए एक एक कांस्टेबल के मन में गर्व खड़ा करना हर राज्य की जनता के एक एक व्यक्ति के एक एक नागरिक के मन में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना यह हमारा प्राइमरी दायित्व है जब तक यह नहीं कर सकते हम इंटरनल सैक्योरिटी को केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए अब तक पैंतीस हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उन्होंने कहा कि हमारे जवान शून्य से तैंतालिस डिग्री नीचे तापमान से लेकर तैंतालिस डिग्री तापमान जैसी कठिन परिस्थतियों में काम करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार किया है श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है जिसे हासिल करने के रास्ते में कुछ तत्व बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं इसे विफल करना आवश्यक है गृहमंत्री ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्गो में मतमेद पैदा करने के लिए देश के शत्रु साइबर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं इस अक्सर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कम्यूनिटी पुलिसिंग पर बल देते हुए कहा कि आज पुलिस के सामने जनता के विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती है पूद्दवेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का परसों उद्घाटन किया था विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षक से लेकर महानिदेशक स्तर के पुलिस अधिकारियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ मिलकर सम्मेलन का आयोजन किया था पुलिस के अलावा सीबीआई सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी दूसरी केन्द्रीय एजेंसियां और शिक्षाविद् न्यायिक तथा फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी इस आयोजन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को आंधी तूफान तथा अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को अविलम्ब राहत पहुंचाने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि प्रभावित जनपदों के अधिकारी नुकसान का आकलन करके प्रभावितों को तत्काल मुआवजा प्रदान करें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस आपदा से फसलों विशेष रूप से आलू और धान की फसलों को पहंची हानि का आंकलन करके शासन को आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव राजस्व को राहत कार्यो के संबंध में प्रभावित जनपदों की मॉनीटरिंग कर के दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ तालमेल कायम करके केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार करता है कल लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सुचना और प्रसारण मंत्रालय की सभी मीडिया इकाईयों के माध्यम से किया जाता है सरकारी योजना जो जन कल्याण की है उसका सही लाभाधियों तक और सबको जानकारी हो इसके लिए विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम भी होते हैं और सभी प्रकार के इश्तहार दिए जाते हैं

सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर कानपुर आ रहे हैं इस दौरान वे तीन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे और विवरण हमारे संवाददाता से आज सुबह अपने पहले कार्यक्रम में राष्ट्रपति पीएसआईटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में कम्प्यूटर के क्षेत्र में आई नयी तकनीकों संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेगे दोपहर बाद राष्ट्रपति छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पहले पूर्व छात्र सम्मेलन का उद्याटन करेंगे श्री कोविंद ने खुद कानपुर के डीएवी कॉलेज से शिक्षा हासिल की है जो कि इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है लिहाजा वह इस मौके पर पूर्व छात्रों से भी मुलाकात करेगे राष्ट्रपति का आखिरी कार्यफ्रम कानपुर नगर निगम में प्रस्तावित है जहां उनका अभिनंदन किया जायेगा राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार कानपुर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने जनपद चंदौली में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अध्रे शौचालयों का निर्माण तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि वह जल्द ही जनपद के किन्हीं दो गांवों में जाकर योजना का कार्यान्वयन देखेंगे श्री पटेल कल चंदौली जनपद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति भी जानी साथ ही निर्देश दिया कि योजना के तहत अध्रे मकानों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करा लिया जाए

श्री पटेल ने इससे पूर्व जनपद के कटरिया नियामताबाद के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया वहां अव्यवस्था मिलने और प्रधानाचार्य के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है साथ ही विद्यालय में आवश्यक निर्माण कार्य पूरे कर के स्वच्छता सुनिश्चित करने को भी कहा है प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने कहा कि सरकार गरीबों को आवास दिलाने के लिए कृतसंकल्प है और वर्ष दो हजार बाइस तक समी को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया है श्री यादव शुक्रवार को जौनपुर में गरीबों को आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुसहर जाति के लोगों कुष्ट रोगियों और आदिवासियों को आवास देने की योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें सरकार पट्टे पर जमीन दे रही है जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले को कुल पैतालिस सौ आवास दिये गयें है जो प्रदेश में सबसे अधिक हैं